आज इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा

इस बीच भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने केन्द्र सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया है उन्होंने कहा कि केन्द्र के इस फैसले से समाज के हर वर्ग का समान विकास होगा और देश विकास की ओर बढ़ेगा कपूर ने बताया कि जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुसूचित जनजाति के समूचित विकास के लिए अलग मंत्रालय गठित किया था उसी कम में केन्द्र की मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण का सहारा देकर सबका साथ सबका विकास के वचन को पूरा किया है हिमफैड हिमफैड प्रदेशभर में स्थित अपने सभी भंडारों एवं बिकी केन्द्रों पर किसानों एवं बागवानों की आवश्यकतानुसार रसायनिक एवं जैविक खादों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा हिमफैड के अध्यक्ष गणेश दत्त की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह आदेश जारी किए गए हिमफैड को घाटे से उबारने के लिए उन्होंने प्रदेश सरकार से कृषि विभाग और बागवानी विभाग से संबंधित अतिरिक्त खाद बीज व कृषि उपकरणों को हिमफैड के गोदामों से विक्रय का प्रावधान किए जाने की मांग की

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने लोगों को नालसा की सभी योजनाओं और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी सम्मान केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर अवार्ड के तहत बिलासपुर ज़िला के तलाई में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी व मॉडल प्रतियोगिता में किन्नौर ज़िले की निवेदिता नेगी ने बाजी मारी है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है प्रदेश में नौकरियों की बहार

कालका शिमला हैरिटेज ट्रैक पर चलती रेल के इंजन में लगी आग कूदे यात्री अमर उजाला की एक खबर है इसी खबर पर आपका फैसला के शब्द हैं कालका शिमला रेल ट्रैक पर हिमालयन क्वीन का इंजन भपका मची भगदड़ स्कॉलरशिप के लिए फर्जी आवेदन करने वाले शिक्षण संस्थान होंगे ब्लैकलिस्ट दैनिक भास्कर की एक खबर है

देरी ने सीयू से छीने मेडिकल इंजीनियरिंग शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चिट्ठी से केन्द्रीय विश्वविद्यालय में हड़कंप आपका फैसला की एक खबर है राज्य सरकार कुछ सड़क परियोजनाएं केंन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को देने पर करेगी विचार अब हिमाचल सरकार के अधीन होगा सोलन का रामलोक मंदिर शीर्षक से अमर उजाला लिखता है सरकारी जमीन पर बनाया मंदिर प्रबंधन को एक लाख छह हज़ार का जुर्माना

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय स्टोन कशरों को मोहलत में लिखा है कि हिमाचल को अपने विकास की तरफदारी में एनजीटी की शर्तो को हर दिशा में समाहित करना पड़ेगा आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है कि किसानों की आय तभी दोगुना हो पाएगी जब खेती को बंदरों से बचाया जाए शीर्षक है बंदरों के उत्पात से निजात को कवायद